केन्द्र सरकार ने कहा साठ करोड बचत बैंक जमा खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं

राज्य में अब तक सत्तासी हजार से अधिक किसानों से की गई पचपन लाख कुत्तल से अधिक धान की खरीद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

इन सातों विधानसभा सीटों पर तिरपन दशमलव छः दो प्रतिशत मतदान हुआ छिटपुट वारदातों को छोड़कर कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं मिले मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच केन्द्रों में भेजा दिया गया मतदान के लिये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे वोटों की गिनती दस नवम्बर को होगी जिन विधानसभा सीटों के लिये कल वोट डाले गये वे है अमरोहा की नौगांवा सादात बुलन्दशहर टूडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया और जौनपुर की मल्हनी इस उप चुनाव के लिये चौबीस लाख चौतीस हजार मतदाता पंजीकृत है जिनमें से ग्यारह लाख तीस हजार महिलाए हैं सात सीटों के लिये अट्ठासी प्रत्याशी मैदान में हैं जिनमें से नौ महिला प्रत्याशी हैं सबसे ज्यादा अट्ठारह प्रत्याशी बुलन्दशहर सीट पर है और सबसे कम छह घाटमपुर सीट पर हैं

अगले वर्ष इक्कीस अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के दौरान महिला अधिकारों के साथ बाल अधिकार कन्या भ्रण हत्या यौन अपराघों की रोकथाम और महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक किया जायेगा सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में उन्सठ हजार से अधिक ग्राम सभाओं के अन्तर्गत एक लाख नवासी हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश की चौबीस करोड़ जनता को मिशन शक्ति के उददेश्यों के बारे में बताया जायेगा इस अभियान के अन्तर्गत पांच थीम निर्धारित की गई हैं ये है बाल एवं महिला अधिकार मानसिक स्वास्थ्य और मनो सामाजिक परामर्श दूसरा कन्या भ्रण हत्या तीसरा महिला तथा बच्चों की तस्करी बल पूर्वक भिक्षावृत्ति और बालश्रम चौथा घरेलू हिंसा और पांचवा बाल विवाह

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक सेवा शुल्कों में वृद्वि कर रहे हैं मंत्रालय ने कहा है कि शुल्को में कोई वृद्धि नहीं की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस महीने से प्रति माह निशुल्क नकदी निकालने और जमा कराने की संख्या में कुछ बदलाव किए थे इनके तहत हर महीने निशुल्क नकदी लेन देन की संख्या पांच बार से घटाकर तीन बार कर दी गई थी बैंक आफ बड़ौदा ने बताया है कि उसने कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बदलाव वापस लेने का फैसला किया है सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक ने हाल में कोई शुल्क नहीं बढ़ाया है भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को अपनी सेवाओं के लिए उचित पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से शुल्क लगाने की अनुमति है सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने जानकारी दी है कि कोविड महामारी के मद्देनजर निकट भविष्य में सेवा शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली उपमोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत बिल समय पर अदा करे जिससे घाटे में चल रहे विमाग की स्थिति बेहतर होगी और उनको सस्ती बिजली देने का रास्ता प्रशस्त होगा श्री शर्मा ने कल लखनऊ के विमिन्न क्षेत्रों में बिजली घरों और आवासीय क्षेत्रों का दौरा कर उपमोक्ताओं से फीड बैक लिया और उन्हें समय से बिल जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया उन्होंने बिजली कार्मिकों से कहा कि वे बकायेदार उपभोक्ताओं के घर जाये और बकाये की धनराशि जमा करने का अन्रोध करे उन्होंने कहा कि घर की बिजली काटना कोई अच्छा विकल्प नहीं है केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने देश में अच्छी गृणवत्ता के चावल का वितरण बढाने की जरूरत पर बल दिया है पौष्टिक चावल वितरण से संबंधित समीक्षा बैठक में भारतीय खाद्य निगम से समन्वित बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील योजना के अन्तर्गत अगले वित्त वर्ष में देश के सभी जिलों में अच्छी गुणवत्ता के चावल की सरकारी खरीद और वितरण के लिए वृहद योजना बनाने को कहा गया है उन्होंने कहा कि देश के एक सौ बारह चिन्हित जिलों के लिए अच्छे चावल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल से संबंधित केन्द्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना चला रहा है

प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य आलोक कुमार के अनुसार पिछले छत्तीस घंटों के दौरान एक हजार सात सों छब्बीस नये मामले सामने आये और इस समय सक्रिय मामलों की संख्या बाईस हजार पांच सौ अड़तीस है कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बान्नबे प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान तेरह लोगों की मौत हई और कोरोना से कल मृतकों की संख्या सात हजार नवासी है अब तक एक करोड़ तिरपन लाख उन्यासी हजार पचासी नमूनों की जांच की गई है

अब तक सत्तासी हजार दो सौ उन्सठ किसानों से पचपन लाख साठ हजार कुन्टल धान की खरीद की गई है इसी प्रकार सरकार द्वारा परसों सात सौ छह मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई अब तक कुल एक हजार सात सौ अड़तीस मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई है प्रदेश सरकार ने प्याज की कीमत में और वृद्वि को रोकने और आम जनता को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में प्याज की स्टॉक सीमा निर्घारित की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टॉक होल्डिंग पर अंक्श लगाने और बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है

केवल आयातकों को इस सीमा से छूट रहेगी प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी

स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी प्रदेश के कुछ जनपदों में प्याज की कीमतों में अचानक आई उछाल को नियांत्रित करने के लिए ये प्रबंध किए गए हैं

यह मेला कल से चौदह नवम्बर तक आयोजित किया जायेगा

उन्होंने बताया कि इस बार की दीपावली में उत्कृष्ट श्रेणी के स्वदेशी लक्ष्मी गणेश की मूर्तिया तैयार करने के लिये शिल्पकारों को डाई स्प्रे पेटिंग मशीन आधुनिक भट्ठी और दिया मेकिंग मशीने निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है उन्होंने बताया कि मेले में हिस्सा लेने वाले कारीगरों को निःशुल्क स्टॉल और आवास उपलब्ध कराये जायेंगे

प्रती महिलाएं शाम चन्द्रोदय के समय मॉ पार्वती भगवान शिव और श्रीगणेश जी का पूजन अर्चन करने के बाद चन्द्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करती हैं और अपने सुहाग की लम्बी उम्र सुख समृद्धि की कामना करती हैं